कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में दो सौ घनमीटर प्रतिघंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है

मंत्रालय ने कहा कि गूजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है अन्य उर्वरक कम्पनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी ये ॅनिर्णय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया श्री मांडविया ने उर्वरक कम्पनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढोतरी करने को कहा है

कोविड से मरने वालों की भी संख्या आज सर्वाधिक रही

कोविड महामारी की शुरूआत से देश में ये एक दिन में अब तक की सर्वाधिक संख्या है

अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है

सेंटर में ओपीडी सेवा कल से ही शुरू हो गई थीं लेकिन आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है

वहीं जागरुकता कार्यक्रमो के माध्यम से लोगों को सचेत करने के प्रयास हो रहे हैं इसी श्रृंखला में आज बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्कॉउट गाइड द्वारा पैदल मार्च निकाला गया स्काउट गाइड के सभी छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन को लेकर स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का प्रयास किया

झंझन् शहर में आज अग्रसेन सर्किल पर भी चिड़ावा और बगड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को चैक किया गया आज भी बड़ी संख्या में वाहनों के चालान काटकर उन्हें वापिस घर भेजा गया वहीं जन जागरुकता के लिए नगर परिषद कार्यालय के सामने स्काउट गाइड ने रंगोली सजाई

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा पात्र व्यक्ति को विन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है

वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में आज मौसम अचानक बदल गया उदयपुर और बांसवाडा में तेज आंधी ैाने और बूंदीबांदी के समाचार हैं सिरोही जिले के माउंट आवू में मूसलाधार बारिश हुई जबकि आस पास के इलाको में बूंदाबादी के समाचार हैं